जनरल रावत ने कहा तीनों सेनाएं टीम के रूप में काम करेंगी

सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सी डी एस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि तीनों सेनाएं टीम के रूप में काम करेंगी देश के पहले सी डी एस का पदभार संभालने के बाद जनरल रावत ने कहा कि रक्षा सेवा प्रमुख को सौंपे गये कार्यभार के अनुसार समन्वय और बेहतर संसाधन प्रबंधन उनकी प्राथमिकता होगी जनरल रावत ने कहा कि सशस्त्र बलों को तालमेल और एकीकरण के जरिये और मजबूत किया जाएगा जनरल रावत ने कहा कि उनकी प्राथमिकता खरीद प्रक्रिया के एकीकरण को और युक्तिसंगत बनाने की है उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल राजनीति से अलग रहते हैं और वर्तमान सरकार के निर्देशों के अनुसार ही काम करते हैं जनरल रावत ने कहा कि रक्षा सेवा प्रमुख के रूप में वे तीनों सेनाओं के प्रयासों को एकीकृत करने तथा टीम के रूप में काम करने पर ध्यान देंगे प्रधानमंत्री सीडीएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा सेवा प्रमुख सीडीएस का पदभार संभालने पर जनरल बिपिन रावत को बधाई दी है उन्होंने इस बात पर खुशी प्रकट की कि देश को पहला सीडीएस मिल रहा है ट्विटर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जनरल रावत असाधारण अधिकारी हैं जिन्होंने पूरे उत्साह से देश की सेवा की है पिछले वर्ष पंद्रह अगस्त को लाल किले से सीडीएस पद सुजित करने की अपनी घोषणा को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सेनाओं के आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रक्षा सेवा प्रमुख की है प्रधानमंत्री ने देश की रक्षा के लिए जीवन बलिदान करने वाले सभी शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की उन्होंने करगिल युद्ध में जवानों के साहस का भी स्मरण किया सेना प्रमुख नए थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकंद नरवणे ने कहा कि भारत को चीन के साथ अपनी सीमा पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है थल सेना प्रमुख के रूप में गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सेना देश के लिए किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है चीन के साथ सीमा विवाद पर जनरल नरवणे ने कहा कि सीमा पर शांति बनाये रखने से समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा उन्होंने कहा कि परिचालन तत्परता और सेना का आधुनिकीकरण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी रेल किराया रेल मंत्रालय ने किराए में मामूली वृद्धि करने का निर्णय किया है यह बढ़ोत्तरी केवल गैर उपनगरीय खंडों में दैनिक उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर की जाएगी उप नगरीय खंडों और सीजन टिकटों के किराए में वृद्धि नहीं होगी साधारण गैर वातानुकूलित श्रेणी के यात्रियों के लिए भी किराए में केवल एक पैसा प्रति किलोमीटर की मामूली बढ़ोत्तरी की गई है किरायों में वृद्धि आज से खरीदे जाने वाले टिकटों पर लागू होगी और जिन यात्रियों ने पहले टिकट खरीद लिए थे उनसे बढ़ा हआ भाड़ा नहीं वसूला जाएगा इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख डॉक्टर के सिवन ने घोषणा की है कि चंद्रमा के लिए भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के चार अधिकारियों को चुना गया है आज बेंगलुरु में संवाददाताओं से बातचीत में डॉक्टर सिवन ने कहा कि ये चारों जनवरी के तीसरे सप्ताह से रूस में अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण लेंगे

इसरो प्रमुख ने कहा कि परीक्षण के तौर पर इस वर्ष मानव रहित मिशन भेजा जायेगा

इस मिशन में ऑर्बिटर नहीं भेजा जायेगा डॉक्टर सिवन ने कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जायेगी सीएम भ्रमण मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से मेरा वक्ष मेरी याद के भाव से अपने घरों या उसके आसपास पौधा लगाने की अपील की उन्होंने कहा कि सूखे जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना सभी का दायित्व है कल देहरादून में रिस्पना के उदगम क्षेत्र कैरवान गांव के भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण के तहत लगाये गये पौधों का निरीक्षण किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह क्षेत्र एक बेहतर डेस्टिनेशन बनने के साथ ही पानी के स्रोत को विकसित करने में मददगार होगा उन्होंने इन पौधों की देखभाल में लगे लोगों और स्वयंसेवी संस्थाओं की भी सराहना की बेटी जन्मोत्सव चम्पावत जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नये साल में बेटी जन्मोत्सव पर उपहार के साथ बधाई संदेश देने की अनूठी पहल की जा रही है इसके तहत विभिन्न अस्पतालों में बेटी जन्म पर के हस्ताक्षरित बधाई संदेश प्रशस्ति पत्र के साथ ही उपहार दिये जा रहे हैं जिला जिलाधिकारी अस्पताल में आज बेटी के जन्म पर परिवार को बधाई संदेश प्रशस्ति पत्र और उपहार दिया गया

कार्यशाला में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष खिलेन्द्र चौधरी ने पार्टी पदाधिकारियों को सीएए और एनआरसी के बारे में विस्तार से जानकारी दी उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम को ऐतिहासिक विधेयक करार दिया

इसके लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है यह कार्यकर्ता लोगों को पर्चों के माध्यम से सही जानकारी देते हुए बताएंगे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम संविधान का हिस्सा है

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सीएए संविधान का हिस्सा है उन्होंने कहा कि सीएए कानून राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद संविधान का हिस्सा बन गया है इसे देश के सभी राज्यों में लागू किया जाना है इस कानून में किसी का भी अहित नहीं है

देहरादून स्थित सचिवालय परिसर में आयोजित नववर्ष शुभकामनाएं कार्यक्रम में उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नववर्ष की श्भकामनाएं दी मुख्य सचिव ने अधिकारियों कर्मचारियों से नये वर्ष में और अधिक लगन और जोश से कार्य करने की अपील की

सीसीटीवी कैमरे नैनीताल स्थित नैनीझील को संरक्षित और प्रद्षणमुक्त बनाने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगवाये गए हैं इन कैमरों के जरिए झील में गिरने वाले नालों की मॉनिटरिंग की जा रही है साथ ही इन नालों में गन्दगी फेंकने वालों पर नजर भी रखी जा रही है जिलाधिकारी का कहना है कि नैनीझील और नालों में असामाजिक तत्वों द्वारा कूड़ा कचरा मलबा और निष्प्रयोज्य निर्माण सामग्री फेंके जाने के कारण नैनीझील में प्रद्यण बढ़ रहा है इससे झील की रिचार्ज क्षमता भी प्रभावित हो रही है इस कारण झील में गंदगी फैलाने वालों पर सीसीटीवी के जरिए कड़ी नजर रखी जा रही है उन्होंने अधिकारियों को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं

उन्होंने खेल सचिव को इण्डियन ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल संघ के मार्गदर्शन में निर्माण कार्य कराने के निर्देश दिये ताकि मैदान और अन्य अवस्थापना कार्य मानक के अनुरूप विकसित हो